मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सरकार का पक्ष रख रहे हैं बैठक में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत में क्रेषि मंत्री नरेंन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रही है श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि आज की वार्ता के बाद इस समस्या का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा

कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथिमकता है उन्होंने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोडने की भी अपील की

अंतिम दिन प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्र विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और विधायक महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस की ओर से चुनाव सभाएं की

इसके साथ ही अब इन निकायों में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कल सभी उम्मीदवारों की सुची जारी की जायेगी साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटन किये जायेगें

इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन चुनावों के लिए प्रशासनिक तैयारियों के अलावा मतदाताओं को जागरूक करने के आयोजन हो रहे है ब्रंदी में आज शिक्षा विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई इस दौरान पात्र लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई भरतपुर में निकाय चुनावों के लिए मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया

उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजन की शारीरिक कमजोरी को उनकी ताकत बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री आज जयपुर में सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग की ओर से अंर्तराष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के मौके पर आयोजित वर्च्यअल पुरुस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री गहलोत ने कहा कि विशेष योग्यजन के लिए अमी भी बहत कुछ करना बाकी है और उनकी सेवा हम सभी का धर्म है

अन्तराष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये झालावाड़ में रैली निकाल कर विशेष योग्यजन को उनका नाम मतदाता सुची में जुडवाने के लिए प्रेरित किया गया भरतपुर में जिला कलक्टर ने शास्त्री पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशेष योग्यजन को सम्मानित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ प्रसाद को श्रद्वांजलि दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि आजादी की लड़ाई और संविधान बनाने में डॉ प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूर्व राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि उनके मूल्यों आदर्शो और स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जो सकता

इसी कम में बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विद्यार्थियों के लिए कृषि क्षेत्र में अवसर विषय पर वर्चुअल संगोष्ठी आयोजित की गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि वे एक महान खिलाड़ी थे उनका जीवन और खेल नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है

ये परीक्षा केवल अजमेर में एक केंद्र पर होगी इसमें नियमित और स्वयंपाठी दोनों तरह के परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे